इस अवसर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे कोरोना वैक्सीन का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा लेकिन तब तक कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना होगा श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सेवाओं से न केवल अर्थव्यवस्था की बेहतर होगी बल्कि इससे पर्यटन क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि देश पर्यटन क्षेत्र में वोकल फार लोकल पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहाद्री और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है गौरतलब है कि यह दिन हमारे देश की रक्षा करते हए शहीद हुए सैनिकों दिव्यांग हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान पूर्वक याद करने एवं आम नागरिकों का उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है झण्डा दिवस पर प्रतीक ध्वज एवं कार ध्वज संस्थाओं और नागरिकों को वितरित कर उनसे धन राशि का योगदान लिया जाता है इस राशि का उपयोग शहीद सैनिक की विधवाओं अपंग सैनिकों एवं अन्य भुतपुर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किया जाता है

भोपाल जिला कलेक्टर ने कहा कि बाजार खुलने के समय को बढ़ाया गया है लेकिन कोविड से बचाव के दिशानिर्देशों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है आत्मनिर्भर कृषक आत्म निर्भर कृषक आत्म निर्भर कृषि विषय पर कल खण्डवा जिले के झुमरखली में वृक्ष घर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल और वन मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पेपर अपलोड किये जाएंगे